सात दिन का बजट सत्र आगामी दस मार्च को संपन्न होगी राज्य विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने ट्वीट करते हुए कहा कि इस सत्र से विधानसभा ई विधान प्लेंटफार्म पर होगी ई विधान पहल का उद्देश्य राज्य विधानसभाओं के कामकाज को कागज रहित बनाना है इसके साथ ही विधानसभा के संबंध में प्रत्येक जानकारी सदस्यों की उंगलियों पर उपलब्ध होगी जो व्यवसाय की सूची देखने के लिए अपने टैबलेट या लैपटॉप का उपयोग कर सकते है और सभा की कार्यवाही से संबंधित प्रश्न और अन्य दस्तावेज पढ़ सकते है सातवें अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का यह चौथा सत्र होगा

ए पी एस एस बी में न्याय और स्धार के लिए लड़ रहे नागरिक समूहों के साथ आज हई बैठक में म्ख्य मंत्री ने बताया कि आयोग हालही में एल डी सी जे एस ए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित करते समय मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करने में किसी भी अनियमितता के लिए जांच करेगा श्री खाण्डू ने कहा कि अगर कोई भी चूक पाया जाता है तो इस तरह की अपूर्णता के लिए जिम्मेदार उच्च अधिकारी तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा उन्होंने बताया कि जांच आयोग के पास जांच के लिए संदर्भ की शर्ते होंगी और कुछ ही हफ्तों के भीतर जांच की रिपोर्ट सौंपने को कहा जाएगा ए पी एस एस बी में नौकरी में घोटाले के लिए लग रहे आरोप के मद्देनजर म्ख्य मंत्री ने कहा कि हालही में एल डी सी जे एस ए के लिए आयोजित परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा उन्होंने बताया कि कथित नौकरी घोटाले पर विशेष जांच प्रकोष्ठ के निष्कर्षो पर नियमित तौर पर रिपोर्ट मांगी जा रही है उन्होंने नागरिक समूहों से किसी भी खामियों को दूर करने के लिए ए पी एस एस बी के साथ सक्रिय रुप से साथ देने और नौकरी भर्ती परीक्षा में निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के लिए सलाह देने को कहा

कल शाम भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के विद्यार्थियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह अधिनियम तीन पड़ोसी देशों में उत्पीड़न के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है लेकिन यह विरोध कान्न सम्मत दायरे में होना चाहिए

कार्यक्रम को संबोधित करते हए राज्य विधानसभा अध्यक्ष पी डी सोना ने पर्वतीय विशेषकर राज्य के समशीतोष्ण क्षेत्र के निवासियों दवारा आजीविका और पोषण स्रक्षा के लिए ट्राउट फार्मिग को एक व्यवसाय के रुप में अपनाने की संभावनाओं पर बल दिया गया कार्यक्रम के म्ख्याअतिथि ने प्राचीन क्षेत्रों में एंग्लिंग एवेन्यू का पता लगाने और इसे एक्वाकल्चर के साथ एकीकृत करने की वकालत की ताकि राज्य के उपरी क्षेत्रों में आय के एक स्रोत के रुप में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ाने के लिए मछली आधारित इको पर्यटन मॉडल विकसित किया जा सके

आठ मार्च को मनाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में विश्वभर में महिला समानता की दिशा में प्रगति के लिए आधारभूत समझा जा रहा है

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के उपलक्ष्य में रोईंग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत एक मैराथन दौड़ रन फॉर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आयोजन किया गया था

लगभग दो सौ एन एस एस स्वयं सेवक और ए बी के सदस्य अशांत पानी के प्रवाह को रोकने के लिए जी आई स्ट्रिंग नेट के साथ मिट्टी से भरे प्लास्टिक के थैलों का दोहन करके नदी के किनारे पर स्पर का निर्माण किया